स्लग हवाई सेवा उड़ान योजना के तहत राजधानी देहरादून से पंतनगर के बीच आज से सीधी हवाई सेवा की शुरूआत हो गई है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाकर इस सेवा की शुरुआत की उन्होंने कहा कि इस हवाई सेवा की शुरुआत से यातायात में सुलभता आएगी

गौरतलब है कि कुमाऊं और गढ़वाल को हवाई सेवा से जोड़ने वाली इस योजना का शुभारंभ आज पंतनगर एयरपोर्ट से होना था लेकिन खराब मौसम के चलते दिल्ली से फ्लाइट पंतनगर की जगह देहरादून गई इस बीच सांसद भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि हवाई सेवा निरंतर जारी रहेगी वहीं पंतनगर एयरपोर्ट के डायरेक्टर एसके सिंह का कहना है आगामी दिनों में ऐसे उपकरण लगाए जाएंगे जिससे विजिबिलिटी की परेशानी समाप्त हो जाएगी स्लग जीपीएस राज्य में नए यात्री वाहनों में पैनिक बटन और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानि जीपीएस लगाना सरकार ने अनिवार्य कर दिया है वाहनों में यात्रियों के साथ अभद्रता के बढ़ते मामलों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की शिकायतों को देखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है गौरतलब है कि पैनिक बटन आपात स्थिति में काम आएगा और कंट्रोल रूम और पुलिस के पास संदेश पहुंचने पर जीपीएस के माध्यम से वाहन की लोकेशन आसानी से ट्रेस की जा सकेगी सरकार के इस फैसले से यात्रियों की सुरक्षा के साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी स्लग बीटीसी शिक्षक राज्यसभा में पुराने विशिष्ट बीटीसी कोर्स को मान्यता देने वाले विधेयक की मंजूरी मिलने पर प्रदेश के विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों ने खुशी जताई है

इसके लिए प्रदेशभर के विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का आभार व्यक्त किया है

लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है विधेयक में परिषद की मंजूरी के बिना शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम चलाने वाले केंद्र और राज्यों के संस्थानों को पिछली तारीख से मान्यता देने का प्रावधान है स्लग राधा रत्ड़ी अपर मुख्य सचिव महिला एवं बाल विकास राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को जिले में स्थित नारी बाल विकास निकेतन और बाल आश्रमों का समय समय पर औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं में स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली जाएगी युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए अपर मुख्य सचिव ने ठोस कार्य योजना बनाने की जरूरत बताई उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माइल अभियान को भी बढ़ावा देना होगा जिससे बिछड़े बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया जा सके उन्होंने स्कूलों में दिव्यांग बच्चों की विशेष कक्षाओं का आयोजन करने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिये राधा रतूड़ी ने औद्योगिक संस्थानों की परिधि में रहने वाले वहां काम करने वाले मजदूरों के बच्चों के स्कूल जाने की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिये

इसके तहत अंडर ब्रिज रोड ओवर ब्रिज और चंद्रभागा नदी पर ऋषिकेश से टिहरी जिले को जोड़ने के लिए पुल निर्माण का कार्य किया जा रहा है

टिहरी की जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि काश्तकारों को भूमि अधिग्रहण का मुआवजा बांटने का काम तेजी से किया जा रहा है जो अब अंतिम चरण में है गौरतलब है कि इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद जहां एक तरफ चारधाम यात्रा सुगम हो जाएगी वहीं स्थानीय लोगों की जिंदगी में भी बड़ा बदलाव आएगा

इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज कुंभ की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं

श्री टंडन ने प्रदेश की जनता से आग्रह किया कि वे बड़ी संख्या में प्रयागराज कुंभ में शामिल होकर इस ऐतिहासिक पौराणिक धार्मिक महापर्व के साक्षी बनें उन्होंने बताया कि यूनेस्को ने कुंभ के महत्व को देखते हुए इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है

सेमिनार में वित्त मंत्री प्रकाश पंत और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत की

इस मौके पर वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने उत्तराखंड के लिये क्रेडिट योजना तैयार करने के लिये नार्बाड की भूमिका की सराहना की और सभी बैंको से अनुरोध किया कि वे निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के लिये ठोस प्रयास करें और राज्य के विकास में योगदान दें सेमिनार के दूसरे सत्र में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने शिरकत की इस दौरान उन्होंने कहा नाबार्ड का यह स्टेट क्रेडिट प्लान विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के लिये बजटीय प्रावधान करने के लिये एक अहम दस्तावेज है

स्लग मौसम कल से प्रदेश में मौसम करवट बदल सकता है मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि पांच और छह जनवरी को उत्तरकाशी चमोली रुद्रप्रयाग बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है

मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों विशेषकर हरिद्वार जिलों के कुछ भागों में मध्यम से घना कोहरा छाने की संभावना भी जताई है वहीं आज देहरादून समेत कई क्षेत्रों में बादल छाये रहे सुबह धूप खिली रही लेकिन दोपहर तक आसमान में बादल घिर आये जिससे ठंड में बढ़ोतरी महसूस की गई अब संक्षिप्त खबरें विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने भारत की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन पर प्रसन्नता व्यक्त की है इस योजना के तहत पहले सौ दिन में ही लगभग सात लाख लोगों को निशुल्क उपचार उपलब्ध कराया गया है एक ट्वीट में श्री घेब्रेयेसस ने सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं देने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के द्रदर्शी नेतृत्व की सराहना की उत्तरकाशी में आज एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो महिलाएं घायल हो गई